आज राष्ट्रीय पेंशन सप्ताह की शुरूआत पर श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षो के दौरान दस करोड लोगों को पेंशन योजना में शामिल करना है

मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए छह दशमलव एक और अगले वित्त वर्ष के लिए सात प्रतिशत की विकास दर की भविष्यवाणी की है

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और निवेश तथा उपभोग के क्षेत्र में इसमें वृद्धि होने की पर्याप्त संभावना है

सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफार्म से मिली संदिग्ध सामग्री का स्नैपशॉट लेकर ई मेल करने और इसकी समुचित पुष्टि करने को कहा है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भ्रामक समाचारों पर अंकुश की अपील करते हुए कहा कि यह पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है

इससे पहले सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसम्बर से फास्टैग द्वारा ही राजमार्गो पर टोल भूगतान करने की घोषणा की थी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर नागरिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्टैग से नहीं जोड़ पाये हैं इसलिए कुछ और समय दिया गया है

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा मेले का उदघाटन करेंगे

मेले के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और विज्ञान कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी

सुबह विभिन्न स्थानों पर कोहरा छाये रहने से यातायात भी प्रभावित रहा